कल होगा अंतिम संस्कार

खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत सलारपुर दियारा क्षेत्र में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में शहीद थानाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह को आज खगड़िया पुलिस लाइन में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गयी शहीद थानाध्यक्ष का पार्थिव शरीर पुलिस लाइन लाया गया जहां पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया इस अवसर पर पुलिस अपर महानिदेशक आलोक राज भागलपुर के आईजी सुशील खोपड़े डीआईजी जितेन्द्र मिश्र पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी राज्य की पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा सहित स्थानीय लोगों और पुलिस अधिकारियों ने दिवंगत थानाध्यक्ष को श्रद्धांजलि दी इसके बाद थानाध्यक्ष का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए सहरसा जिले में सिमरी बखितयारपुर स्थित उनके पैतृक गांव सरोजा भेज दिया गया है उनका अंतिम संस्कार कल किया जायेगा गौरतलब है कि कल देर रात डकैतों के साथ मुठभेड़ में आशीष कुमार सिंह की मौत हो गयी थी जबकि एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया था इधर अपराधियों की धरपकड़ के लिए खगड़िया और नवगछिया पुलिस की टीम दियारा क्षेत्र में अभियान चला रही है बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने राज्य सरकार से शहीद थानाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह के परिजनों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा प्रदान करने की मांग की है इधर अपर पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने कहा कि पुलिस मुख्यालय शहीद दारोगा के आश्रितों को हर संभव मदद प्रदान करेगा श्री राज ने कहा कि शहीद थानाध्यक्ष की वीरता के लिए उन्हें राष्ट्रपति पदक प्रदान करने की अनुसंशा भी की जायेगी गुजरात में उत्तर भारतीयों के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है कल गुजरात के सूरत में गया जिले के कौड़िया गांव के निवासी एक युवक अमरजीत कुमार की कथित तौर पर भीड़ द्वारा पीट पीटकर हत्या कर दी गयी मृतक के परिजनों का आरोप है कि देर रात अमरजीत कंपनी से ड्यूटी कर अपने घर लौट रहा था तभी कुछ लोगों ने उसपर रॉड से हमला कर दिया इस घटना में उसकी मौत हो गयी हालांकि गुजरात पुलिस इसे एक दुर्घटना बता रही है सूरत के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि यह मॉब लिंचिग की घटना नहीं है और युवक की मृत्यु एक सड़क हादसे में हुई है भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य साजिश कर्ता और इनामी अपराधी ब्रजेश मिश्रा को भोजपुर जिले के सोनवर्षा गांव से गिरफ्तार किया है राज्य सरकार ने उसपर पचास हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था ब्रजेश मिश्रा पर विशेश्वर ओझा हत्याकांड के मुख्य गवाह कमल किशोर मिश्रा की हत्या का भी आरोप है पुलिस ने उसके पास से हथियार और गोली भी बरामद की उससे गहन पूछताछ चल रही हैं बारह फरवरी दो हजार सोलह को विशेश्वर ओझा की सोनवर्षा में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था पुलिस ने ब्रजेश से पहले भी हत्याकांड के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नई स्टार्टअप नीति के तहत पांच सौ करोड़ रूपये के कॉर्पस फंड की स्थापना की है आईआईटी के बिहटा केंपस में आयोजित कार्यक्रम में श्री मोदी ने युवा उद्यमियों से आगे आकर इसका लाभ उठाने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि स्टार्टअप खोलने के लिए अधिकतम दस लाख रूपये तक का ब्याजमुक्त ऋण दस वर्षों के लिए प्रदान किया जा रहा है उन्होंने इंजीनियरिंग के छात्रों से शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में नये अनुसंधान करने की अपील की श्री मोदी ने कहा कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार है और उन्हें उम्मीद है कि इसमें आईआईटी पटना के र्स्टाटअप की बड़ी भूमिका होगी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक सहायक तकनीकी प्रबंधक लेखापाल और अनुसेवक के रिक्त पड़े ढ़ाई हजार पदों पर जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जायेगी श्री कुमार ने कहा कि इन पदों के लिए तीन महीने के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी श्री कुमार आज पटना में किसान उत्पादक संगठनों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए मानव संसाधन की कमी की समस्या को समाप्त करने की दिशा में विभाग लगातार काम कर रहा है श्री कुमार ने कहा कि खरीफ मौसम की तरह ही रबी मौसम में भी राज्य में किसान चौपाल का आयोजन किया जायेगा और कृषि जागरूकता अभियान की भी शुरूआत की जायेगी मुगलसराय रेल मंडल के डेहरी ऑन सोन स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग काम के कारण इस मार्ग से होकर चलने वाली पन्द्रह ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है वहीं कई ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जा रहा है पटना से होकर चलने वाली बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस एक सप्ताह के लिए रद्द कर दी गयी है वहीं तेईस और सताईस अक्टूबर को दुर्गियाना एक्सप्रेस और कालका मेल जबकि तेईस और उनतीस अक्टूबर को सियालदह एक्सप्रेस पटना से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते चलेगी प्रधानमंत्री आवास योजना से प्रदेश के गरीब परिवारों को पक्का छत मिल रहा है हमारे दरभंगा संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट बाईट संवाददाता दरभंगा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से गरीब परिवारों के घर का सपना पूरा हो रहा है कसरौर उत्तरी के लाभार्थी कृष्ण देव कहते हैं कि यह योजना गरीबों के लिए वरदान है

आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मणिकांत झा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बारह शराब तस्करों को भारी मात्रा शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है जहानाबाद जिले के टेंहटा पुलिस आउट पोस्ट के पलैया गांव के पास पुलिस ने ढ़ाई हजार बोतल से अधिक शराब के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के पटेलपुर चौक के पास से पुलिस ने एक ट्रक से एक सौ पचास कार्टन विदेशी शराब बरामद की है मौके से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र स्थित बुद्धूचक बांध के पास से पुलिस ने चालीस लीटर शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है दूसरी तरफ जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र के बतियाघाटी से एक सौ ग्यारह बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज देवी दुर्गा के कुष्माण्डा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुयी है राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है इधर प्रशासन ने पूजा पंडलों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है

हालांकि कल हुयी बारिश और तेज ठंडी हवा के कारण पूरे प्रदेश में पारा सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कटिहार में तीन सेंटीमीटर गया के शेरघाटी में और बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में एक एक सेंटीमीटर बारिश हुई है आज पटना और आसपास के जिलों में धूप खिली रही सीतामढ़ी के सांसद रामकुमार शर्मा ने रून्नीसैदपुर प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अतर्गत बनने वाले हाजीपुर बसंत से तिलक ताजपुर तक छह किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास किया बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महदह गांव के पास से पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है जहानाबाद जिले के हुलासगंज थाना क्षेत्र अतर्गत प्रखंड कार्यालय के पास ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गयी नालंदा जिले के नगरनौसा थाना क्षेत्र के प्रेमनबिगहा गांव के पास सड़क हादसे में एक चिकित्सक की मौत हो गयी पूर्वी चंपारण जिले के तुरकौलिया थाना क्षेत्र के बैरिया बाजार से पुलिस ने एक अपराधी को दो देशी कट्टा और दर्जनों कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव में करंट लगने से एक बच्ची की हुई मौत से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया

कल होगा अंतिम संस्कार